स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्री और अधिकारी हुए होम क्वारेंटाइन राज्य के तीन जिलों लातेहार सिमडेगा और पाकुड़ में सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू जबकि राज्यभर में चलेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान

सर्वेक्षण में झारखंड के इकतालीस नगर निकाय समेत देश के चार हजार इकतालीस शहरों नें लिया है हिस्सा राज्य में कोरोना संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में नो सौ सड़सठ मामले सामने आये राज्य में संकमण का कुल आंकड़ा छब्बीस हजार तीन सौ हो गया है इनमें सोलह हजार पांच सौ छियासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार चार सौ छप्पन मामले सकिय हैं

इधर पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ सत्तावन संक्रमित लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं जबकि एक दिन में कोरोना संकमण से नौ लोगों की जान चली गयी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय के कई अधिकारी होम क्वारेंटाइन र्मे चले गये हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल थे तबतक उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आयी थी बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम ने बैठक में शामिल सभी कैबिनेट मंत्रियों को होम कोरेंटाइन में जाने को कहा कैबिनेट की बैठक में मिथिलेश ठाक्र को छोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम बादल पत्रलेख सत्यानंद भोक्ता जोबा मांझी चंपई सोरेन शामिल थे मंत्रियों के क्वारेंटाइन हो जाने की वजह से सचिवालय का काम भी प्रभावित हो गया है इधर मुख्यमंत्री के कवारेंटाइन में जाने और स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद उनके कई कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए तीन जिले लातेहार सिमडेगा और पाकुड़ में आज से सीरो सर्वे अभियान शुरू हो गया यह सर्वे आईसीएमआर भुवनेश्वर कर रहा है आईसीएमआर के नोडल पदाधिकारी डॉ अनिंदया मित्रा ने बताया कि सीरो सर्वे के लिए चयनित जिलों के दस क्लस्टरों में चालीस चालीस सैम्पल लिए जाएंगे जिसकी जांच भुवनेश्वर में की जाएगी वहीं राज्यभर में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जाएगा केंद्र सरकार से टेस्ट किट मिलते ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट राज्य के चार जिलों में चलाया जा चुका है अब इसे पूरे राज्य में चलाए जाने की योजना है

पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से जिला प्रशासन सहित आम और खास सभी लोग चिंतित हैं

इस तरह संक्रमित होने वालों की कुल संख्या आठ सौ अंठावन पहुंच गई है कोरोना से संक्रमित होने वालों में कोरोना वारियर्स भी शामिल हैं पुलिस के जवान भी संक्रमित हो गए हैं

जबकि पांच सौ सत्तर व्यक्ति कोरोना को मात दे चुके हैं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

इस सर्वेक्षण में देशभर के चार हजार इकतालीस शहरों ने हिस्सा लिया है जिसमें झारखंड के भी इकतालीस नगर निकाय शामिल है चार जनवरी को शुरू हुए इस सर्वेक्षण का समापन जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुआ था नगर विकास एवं आवास विभाग स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी और सभी नगर निकायों द्वारा स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए गए हैं इसलिए आज जारी होनेवाली रैंकिंग से झारखंड को काफी उम्मीद है नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि सरकार और नगर निकायों की ओर से किये गये प्रयासों के साथ साथ शहरी निकायों के नागरिकों ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सरकारी प्रयासों में सहयोग किया है स्वच्छता रैंकिंग जारी होनेवाले कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की गयी है राज्य में लगभग दो दशक से बंद अभ्रक का खनन फिर से शुरू होगा राज्य सरकार के जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड ने यह निर्णय लिया है खान सचिव के श्रीनिवासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जल्द से जल्द इसकी कार्ययोजना बनाने पर विचार किया गया है इस फैसले से राज्य के चार पांच जिलों खासकर कोडरमा के आस पास के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना बनेगी खान सचिव ने अभ्रक के भंडार के आकलन और इसका मुल्य तय करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने का भी निर्देश दिया है वहीं चार बॉक्साइट और दो ग्रेफाइट की खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया गया है इन खदानों के भंडार का आकलन कर लिया गया है ये खदानें गुमेला जिले के लोधापाटा दूधापाट भुलुआपाट और चीरोपाट में हैं दो ग्रेफाइट की खदानें पलामू इलाके के कोची और रेवाती में हैं उच्चतम न्यायालय ने एमवी राव को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी अदालत ने कहा कि नौकरी संबंधी मामले में जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती

पलामू जिले में यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है इस मामले में उपायुक्त शशिरंजन ने जिले के तीनों अनुमंडल के अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने द्मका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित जोजोटोला निवासियों को श्रद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है इस मामले में स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री से संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी थी कि मसलिया प्रखंड स्थित आदिवासी बहुल जोजोटोला के नदी का गंदा पानी पीने को विवष हैं इधर मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के उपायुक्त को बिरनी प्रखंड स्थित बराय गांव के स्वर्गीय जीवलाल मंडल के परिजर्नो को राशन के साथ साथ जरूरी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ कर मदद पहुंचाते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के कार्यकर्ता की सूचना पर हजारीबाग में कल पुलिस ने बाल मजदूरी के लिए ले जाये जा रहे सात बच्चों को छड़ा लिया कल चौपारण थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर मौजूद एक लाइन होटल के पास से बस से सभी सात बच्चों को सक्शल छुड़ाया और उन्हें चाइल्डलाइन के हवाले कर दिया गया सभी बच्चों को सहरसा से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था बताया गया कि बच्चों को ले जाने वाला एजेंट भी आंध्र प्रदेश का ही है पुलिस मामले की जांच कर रही है राज्य के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सकिय होने के कारण रांची समेत पूरे राज्य में बाइस अगस्त तक अच्छी बारिश होने की संभावना है

पूरी सरकार क्वारेंटाइन पर वित मंत्री नहीं माने शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान ने इसे अपनी पहली सुर्खी बनाया है इसी खबर को प्रभात खबर ने सीएमओ से सभी मंत्रियों को क्वारेंटाइन में रहने का निर्देश मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम रदद शीर्षक से प्रकाशित किया है जबकि सरकारी भर्तियां अब एक कॉमन टेस्ट से होने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर अपनी सुर्खी बनाया है

सीएम के आदेश के दो घंटे के अंदर राशन कार्ड बनाने और शुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल करने की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने सीबीआई ही करेगी सुशांत मामले की जांच की खबर को पहले पेज पर जगह दी है वहीं द टाईम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है उच्चतम न्यायालय ने सुशांत केस को सीबीआई से ही कराने को कहा